आज प्रयागराज के कुम्भ मेले में वसंत पंचमी के अवसर पर तीसरे और अंतिम शाही स्नान के दौरान पवित्र संगम पर डेढ़ करोड़ से अधिक श्रद्वालुओं ने पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई हमारे संवाददाता ने बताया कि मेला प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए आठ किलोमीटर के संगम क्षेत्र में चालीस स्नान घाट तैयार किये हैं

विभिन्न अखाड़ों के संतों और साधुओं का प्रदर्शन लोगों के आकर्षण का केन्द्र रहे

भारी भीड़ के बाद भी यहां आने वाले लोग उपलब्ध व्यवस्थाओं और बुनियादी ढांचों से खुश नजर आये रेलवे ने आज के लिये एक सौ तीस से ज्यादा विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की थी वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने भी इस दिन के लिये चार हजार बसों को सेवा में लगाया है आधिकारिक जानकारी के अनुसार अब तक कुल मिलाकर सोलह करोड़ से अधिक लोग कुंम में स्नान कर चुके हैं संजीव शर्मा आकाशवाणी समाचार कुंभ प्रयागराज आज वसंत पंचमी है माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि सरस्वती पूजा के रूप में मनाई जाती है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने वसंत पंचमी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की है कि वसंतऋतु के आगमन और ज्ञान की पूजा से जुड़ा यह त्योहार परिवार समाज और देश में शिक्षा और ज्ञान का प्रसार करेगा इस अवसर पर राज्यपाल रामनाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं बसंत पंचमी का पव प्रदेश में श्रद्धा भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है वाराणसी अयोध्या मथुरा कुशीनगर सहित अन्य जिलों में श्रद्धालुओं ने आज पवित्र नदियों में स्नान कर दान पुण्य किया वहीं मन्दिरों घरों और शिक्षण संस्थाओं में विद्या की देवी सरस्वती की पूजा अर्चना की गयी स्कूल और कॉलेजों में सास्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल मथुरा के वृंदावन में अक्षय पात्र संस्था की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों के साथ भोजन करेंगे और उन्हें सम्मानित भी करेंगे अक्षय पात्र संस्था द्वारा देश भर के चौवालीस शहरों में पिछले अट्ठारह साल से समाज के वंचित वर्ग के तीन अरब स्कूली बच्चों को अब तक भोजन परोसने का काम पूरा किया गया है इसी सिलसिले में कार्यकम का आयोजन किया जा रहा है इस अवसर पर प्रधानमंत्री तीन अरबवें बच्चे को भोजन परोसेंगे

हमारे प्रतिनिधि ने बताया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है वृन्दावन में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किये गये है

उन्होंने बिजली चोरी करने वालों से सख्ती से निपटने का निर्देश दिया राज्यपाल ने आज लखनऊ के इंदिरा गॉधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा विद्युत व्यवस्था के सुधार के लिए आयोजित संगोष्ठी पॉवर फॉर आल का उद्घाटन करते हुए यह बात कही श्री नाईक ने कहा कि विद्युत व्यवस्था में जूनियर इंजीनियर सबसे महत्वपूण घटक हैं उन्हें उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने में अपना योगदान देना चाहिए श्री नाईक ने कहा कि प्रदेश में हर घर में बिजली पहुॅचाना एक बड़ा काम है विद्युत विभाग के अधिकारी और कर्मचारी इस दायित्व को चुनौती के रूप में स्वीकार कर अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने आज मथुरा के छाता में बरसाना रोड पर नन्दनवन मेगा फूड पार्क का भूमि पूजन किया और किसानों को उनकी आय दोगुना करने के लिए प्रेरित किया इस अवसर पर आयोजित समारोह को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों की आय को बढ़ाकर उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में तमाम प्रयास किये हैं केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहयोग से राज्य में तीन मेगा फूड पार्क स्थापित किये जा रहे हैं इससे किसानों और कम्पनियों को सीधे जोड़ने का काम किया जा रहा है उन्होंने कहा कि मेगा फूड पार्क से पच्चीस हजार किसानों को सीधे फायदा होगा वहीं करीब पांच हजार लोगों को रोजगार मिलेगा इस अवसर पर सांसद हेमामालिनी ने कहा कि मथुरा के विकास के लिए अनेक कार्य किये जा रहे हैं उन्होंने बताया कि बसराना छाता शेरगढ़ नौहझील और बाजना तक फूड पार्क जोन बनाने की सरकार की योजना है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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में अवैध शराब के कारोबार में लिप्त लोगों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीमों ने छापेमारी करके अब तक एक लाख तीस हजार लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद की है इस संबंध में दो हजार आठ सौ बारह मुकदमें दज किये गये हैं और तीन हजार उन्चास लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर में जहरीली शराब मामले में तीन अभियोग पंजीकृत कराये गये हैं और उन्तालीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है सहारनपुर में दस पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है

इन्हें फिलहाल जिला मुख्यालय से संबद्ध किया गया है गौरतलब है कि कल जिले में पुलिस महानिरीक्षक जयनारायण सिंह ने तरया सुजान थाने के सभी सैतालीस पुलिसकर्मियों को लाईन हाजिर करने का निर्देश दिया था इनमें तरया सुजान थाना व दो चौकियों में तैनात दो दरोगा छह हेडकांस्टेबल व उन्तालीस कांस्टेबल शामिल हैं प्रदेश में जहरीली शराब पीने से अब तक पैतालीस लोगों की मौत हा चुकी है सहारनपुर जिले में छत्तीस जबकि कुशीनगर में नौ लोग जहरीली शराब पीने से मारे गये है प्रदेश में गन्ना किसानों के लम्बे वक्त से बकाया चल रह इक्यासी करोड़ रूपये का भुगतान सरकार द्वारा पूर्ण करा दिया गया है सरकार के इस कदम से बासठ हजार से अधिक गन्ना किसानों को फायदा हुआ है गन्ना विभाग की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया है कि यह भुगतान विभिन्न कारणों की वजह से लम्बे समय से बकाया था जिसके लिए विभाग की ओर से विशेष अभियान चलाया गया था इस अभियान के तहत लाभ पाने वाले किसानों में से ज्यादातर मेरठ सहारनपुर मुरादाबाद बरेली लखनऊ फैजाबाद और देवीपाटन मण्डलों की सहकारी समितियों के सदस्य किसान थे विज्ञप्ति के मुताबिक यह पसा बरसों से गन्न समितियों और चीनी मिलो के खाते में पड़ा हुआ था और गन्ना किसानों के साथ ही उनके परिजनों ने भी अब इस भुगतान की आस छोड़ दी थी गन्ना आयुक्त की ओर से विशेष अभियान चलाकर ऐसी बकाया राशि को खातों से निकलवा कर सीधे किसानों के खातें में पहुंचाया गया